प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा जताया कि संसद के दोनों सदनों में भारत के विकास और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए रचनात्मक चर्चा होगी उन्होंने कहा कि पार्टी सत्र का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने और लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए करेगी श्री मोदी ने कहा कि किसानों युवाओं नारी शक्ति और निर्धनतम लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को पिछले सत्र के समान ही सफल बनाएं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह साढ़े नौ बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे खनिज पार्क खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खदान की नीलामी खजुराहों में डायमंड म्यूजियम और छतरपुर जिले में स्टोन ग्रेनाइट पार्क की स्थापना की प्रस्तावित कार्ययोजना पर शीघ काम शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं उन्होंने कल खजुराहों में एक बैठक में कहा कि इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा श्री जायसवाल ने कहा कि बंदर हीरा परियोजना में नीलामी के जरिए तकनीकी निविदा का निष्पादन इस महीने पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि यहां से मिलने वाले हीरों को नीलामी के लिए संग्रहालय में रखा जायेगा लोकार्पण प्रदेश में तीन हजार गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है

कृटीर और ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने विदिशा जिले के गुलाग गंजे में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है कार्यकम में श्री यादव और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया

उन्होंने कल ग्वालियर नगरनिगम के स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं बल्कि हर नागरिक की है उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में नागरिकों की सहभागिता जरूरी है आरक्षण प्रावधान शासकीय नौकरी में खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा

भूमिप्जन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि बिलावली तालाब में लगभग दस करोड़ रूपये की लागत से स्टेडियम और अन्य विकास कार्यों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कल प्रदेश के चुनिंदा कन्या महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर निशुल्क ड्रायविंग लायसेंस जारी किये जायेंगे सालभर अन्य महाविद्यालयों में भी समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किये जायेंगे श्री राजपूत कल भोपाल के शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय में योजना का शुभारंभ करेंगे स्वच्छता अभियान इंदौर शहर में डेंगू मलेरिया सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए जागरुकता का संदेश अब स्वच्छता अभियान में लगे वाहनों से गीतों के माध्यम से दिया जाएगा ये निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल हुई नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक में दिए इस बैठक में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिए शहर में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई आदिवासी संगोष्ठी आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंमकार सिंह मरकाम ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आदिवासी समुदाय की पर्यावरण संरक्षण की परम्परा से सीख लेने पर जोर दिया है उन्होंने कल भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में कहा कि आदिवासी समुदाय प्रकृति के सबसे करीब है श्री मरकाम ने शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों के समग्र विकास की जरूरत पर भी जोर दिया संगोष्ठी आदिवासी भाषा संस्कृति और समग्र विकास पर केन्द्रित थी

कांग्रेस अभियान मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर आज से कांग्रेस एक माह तक राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार प्रसार का अभियान चलायेगी

जिस दिन कांग्रेस सरकार का एक वर्ष भी पूरा होगा

भारत की स्नेहल और अस्मिता ने जीत के साथ शुरूआत की

अश्मिता ने भारत की ही आरती मुनिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई मौसम प्रदेश से मॉनसून की विदाई के बाद अब मौसम सामान्य है अधिकांश जिलों में दिनभर धूप खिली रहती है लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है मौसम केन्द्र ने बताया कि उत्तरी हवाओं के चलने से अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आयेगी जिससे तेज सर्दी पड़ने की संभावना है उत्तरी हवाओं का असर कायम रहने से दिनो दिन सर्दी में इजाफा होता चला जायेगा

मौसम केन्द्र के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है

जिसमें भोपाल के अलावा रायसेन और विदिशा जिलों के श्रद्वालु भी शामिल हैं